स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इससे मरीज अपने परिजनों से जुड़े रहेंगे और मनोवैज्ञानिक रूप में ये उनके इलाज के लिए संबल प्रदान करेगा इस संबंध में कई जगह से ऐसी शिकायतें आ रही थी कि मरीजों को अस्पताल में स्मार्ट फोन आदि नहीं रखने दिया जा रहा है

आज तीसरे दिन भी लॉकडाउन जारी है उज्जैन जिले में दस नये मरीज मिलने से यहां सक्रमितों की संख्या एक हजार दो सौ अठारह हो गई

संकमण वृद्धि को देखते हए जिले दो दिन का पुरी तरह से लॉकडाउन किया गया है

रक्षाबंधन भाई और बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार आज प्ररे देश में मनाया जा रहा है इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखियां बांधती हैं और उनकी संपन्नता अच्छे स्वास्थ्य और भलाई की कामना करती हैं भाई इसके बदले में अपनी बहनों को सुरक्षा और सहयोग देने का वचन देते हैं तथा उन्हें उपहार प्रदान करते हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई मंत्रियों ने रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेशवासियों को श्भकामनाएं दी है राजधानी भोपाल में जारी लॉकडाउन के बीच घरों में ही रहकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है खंडवा सहित प्रदेश में महिला स्वसहायता समृह द्वारा आकर्षक राखियां निर्मित की गई जिनको लोग काफी उत्साह से खरीद रहे हैं रक्षाबंधन को देखते हुए प्रदेश की जेलों में कैदियों को अपने परिजनों से यीडियोकाल के माध्यम से बात करने की सुविधा दी गई है

इस मौके पर जानकारी दी गई कि प्रदेश में कोरोना के रैपिड एंटीजेन टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो गयी है दो दिनों में डेढ़ हजार से ज्यादा टेस्ट किये गये हैं

नरोत्तम गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश सरकार पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबंद्व है

गृह मंत्री ने कहा कि यदि यह अवकाश के समय अपर्न गृह जिला परिवार के पास जाते हैं तो परिजनों के भी कोरोना संक्रमण के चपेट में आने की आशंका बनी रहेगी हमारी प्राथमिकता जवान और उनके परिजनों की सुरक्षा सबसे पहले है और जवानों के अवकाश पर परमानेंट रोक नहीं है संस्कत दिवस आज विश्व संस्कृत दिवस है इस अवसर पर कई ऑनलाइन संगोष्ठी और परिचर्चा कार्यकम आयोजित किये जा रहे हैं

यह कार्यक्रम न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम ट्वीटर हैंडिल एआईआर न्यूज अलर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और आकाशवाणी के यू ट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा मौसम बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र से प्रदेश में मॉनसून फिर सकिय हो गया हैं उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज सुबह से ही तेज बारिश होने से लोगों को उमस से राहत मिली है मौसम विभाग ने बताया कि आज प्रदेश के भोपाल होशंगाबाद छिंदवाड़ा बैतूल सीहोर शाजापुर में अच्छी वर्षा होने की संभावना है इसके अलावा राजगढ रतलाम नीमच बड़वानी खरगोन बुरहानपुर और खंडवा में भी अच्छी बारिश के आसार हैं